केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बीस लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के सिलसिले में नौ महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की नई दिल्ली में कल आर्थिक पैकेज के बारे में दूसरे संवाददाता सम्मेलन को संबोधिंत करते हए उन्होंने बताया कि इन कदमों से प्रवासी मजद्रों फेरी लगाने वालों जनजातीय लोगों छोटे व्यापारियों और छोटे किसानों तथा स्व रोजगार में लगे लोगों को फायदा होगा प्रधानमंत्री ने मंगलवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए इस पैकेज की घोषणा की थी और देशवासियों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आह्वान करते हए वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था आर्थिक पैर्केज का जिक्र करते हुए वित्त राज्य मंत्री ने कोविड नाइन्टीन महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सरकार की ओर से तत्काल उठाये गये कदमों का भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि तीन करोड़ छोटे किसानों को चार लाख करोड़ रुपये के कर्ज पर ब्याज के भुगतान में इकत्तीस मई तक की मोहलत दी गयी है रेहड़ी पटरी वाले द्कानदारों और फेरी लगाकर बिक्री करने वालों के लिए पांच हजार करोड़ रुपये की ऋण सुविधा की घोषणा की गई है श्री ठाक्र ने कहा कि इससे रेहड़ी पटरी वाले पचास लाख व्यापारियों को दस दस हजार रुपये की कार्यशील पूजी दी जाएगी जनजातीय लोगों के लिए वक्षारोपण कार्यक्रम के जरिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है सरकार ने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए राहत उपायों की घोषणा की है इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के माध्यम से पुनर्वित्त सुविधा की व्यवस्था की गई है सरकार ने नाबार्ड के जरिए किसानों के लिए तीस हजार करोड़ रुपए की आपात कार्यशील पूंजी कोष बनाने की भी घोषणा की सरकार ने उन प्रवासी मजदूरों को पांच किलोग्राम गेहूं या चावल और एक किलोग्राम चना प्रति व्यक्ति देने की घोषणा की जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वित्त मंत्री ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे प्रवासी मजदूर देश में किसी भी स्थान पर राशन ले सकेंगे

प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए सरकार ने किफायती किराया आवास योजना की भी घोषणा की सरकार और निजी संस्थाओं को आवास क्षेत्र में किफायती किराया आवास विकसित करने को लिए सत्तर हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे इससे रोजगार के साथ साथ इस्पात सीमेंट परिवहन और निर्माण संबंधी अन्य सामग्री की मांग पैदा होगी आवास क्षेत्र में मध्यम आयवर्ग के लिए वित्त मंत्री ने राहत योजना की घोषणा की है छह से अट्ठारह लाख रुपये तक की कीमत वाले मध्यम आय वर्ग के आवासों की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के लिए सत्तर हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और इसे अगले साल इकत्तीस मार्च तक बढ़ा दिया गया है श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पच्चीस लाख नये किसान क्रेडिट कार्डों को मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार की ओर से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए की गयी घोषणाओं का प्रदेश के उद्यमियों ने स्वागत किया है उनका कहना है कि वित्त मंत्री द्वारा किए गए उपायों से देश में औद्योगिक गतिविधियों को बल मिलेगा और नए अवसर पैदा होंगे अयोध्या में कंक्रीट उत्पाद निर्माण क्षेत्र के उद्यमी संजीव गोयल ने राहत पैकेज को एमएसएमई क्षेत्र के लिए उत्साहजनक बताया

उनके द्वारा जो कर्ज देने की सस्ता लोन देने की जो बातें बताई गई हैं टर्म कन्डीशन्स जो वाकई सराहनीय है और विरोष कर लांगटर्म के हिसाब से जो एमएसएमई की नई परिमाषा घोषित की गई है वो वाकई सराहनीय है मै मोदी जी को उनकी सोच के लिए और उनके इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं बैट्री निर्माण कारोबार से जुड़े उद्यमी सुमित जायसवाल ने कहा कि पीएफ की दर घटाने से लघ् इकाइयों को फायदा पहुंचेगा हमारी फर्म हाईफ्लो इन्डस्ट्रीज लिमिटेड पिछले बत्तीस सालों से लघु उद्योग है बैट्री बनाती है अयोध्या में निर्मला सीतारामन जी द्वारा घोषित की गई स्कीम की हम बहुत ही ज्यादा सराहना करते हैं विशेषकर उन्होंने जो पीएफ को बारह प्रतिशत से दस प्रतिशत पर लाया जिससे हम उद्यमियों पर लोड कम होगा द्रसरा जो उन्होंने बिना कोलैक्ट्रल के लोन देने की बात कही उससे लगता है कई नए उद्योग जो गवर्मेन्ट की स्टार्टअप इंडिया की जो योजना थी और कई गांव देहात में बैठे जिनके मन में आइडियाज़ रहते हैं लेकिन वे उसको इम्लीमेन्ट नहीं कर पाते हैं वो सब मुझे लगता है उन्हें बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रदेश में रोजगार संगम ऑनलाइन मेले का शुभारंभ करते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाइयों के छप्पन हजार सात सौ चौवन उद्यमियों को दो हजार दो करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए इससे प्रदेश में दो से ढाई लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध होने की सम्भावना है प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र के लिए बारह से बीस मई तक लोन मेले का आयोजन किया जा रहा है ऑनलाइन मेले की श्रुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के श्रमिक हमारी पूंजी हैं और इन कामगारों के श्रम तथा ह्नर का उपयोग राज्य को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की कई इकाइयों के उत्पादों की मांग पूरे देश और विश्व में है उन्होंने कहा कि इन इकाइयों को अवसर उपलब्ध कराया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि ये इकाइयां प्रदेश में नए रोजगार सृजित करने में सहायक सिद्ध होंगी मुख्यमंत्री ने लोगों से स्थानीय उत्पाद खरीदने का भी आग्रह किया प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या सक्रिय मामलों से अधिक बनी हयी है राज्य में अब तक दो हजार बहत्तर लोग बीमारी से ठीक होकर घर जा चुके हैं जबकि सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार सात सौ बयालीस है कल एक सौ सात रोगियों को स्वस्थ हो जाने पर प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई स्वस्थ होने वालों में मेरठ जिले की पच्चासी वर्षीय वृद्वा बिल्किश बानो भी हैं जो कोरोना को हराकर घर पहुंचीं इस बीच प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के एक सौ सैंतालीस नए मामले सामने आये जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा तीन हजार नौ सौ दो हो गया है सबसे अधिक उन्नीस मरीज गाजियाबाद में मिले जिसके बाद जिले में सक्रिय मामलों की संख्या चौरासी पहुंच गई मुरादाबाद में सोलह मरीज मिलने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या चौवालीस पहुंच गई है मेरठ में चौदह लोगों में संक्रमण की पृष्टि होने के बाद यहां क्ल संक्रमितों की संख्या एक सौ नबे है सबसे अधिक प्रभावित आगरा जिले में कल तीन लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुयी यहां संक्रिय मामलों की संख्या तीन सौ सड़सठ है कानपुर नगर में चार नए मरीज मिलने के बाद कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या एक सौ छत्तीस पहुंच गई है लखनऊ में कल छः नए मरीज मिले जिसके बाद यहां सक्रिय मामलों की संख्या उन्सठ हो गई है सहारनपुर में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या उन्चास और फिरोजाबाद में इकहत्तर बनी हुई है इसके अलावा अलीगढ़ में तीन मरीज मिलने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या उन्तालीस हो गई है बस्ती में कल पांच नए मरीज मिले जिसके बाद यहां सक्रिय मामलों की संख्या इक्कीस हो गई है बहराइच में नौ लोगों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद सक्रिय मामले चौबीस हो गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर में बुधवार रात सड़क दुर्घटना में छह प्रवासी मजदूरों की मौत की जांच मंडलायुक्त से करने को कहा है मुख्यमंत्री ने इस दुर्घटना पर दुःख व्यक्त किया तथा प्रत्येक मृतक के परिजनों को दो दो लाख रूपये और घायलों को पचास पचास हजार रूपये की सहायता राशि देने की घोषणा की यह दुर्घटना मुजफ्फरनगर के समीप दिल्ली सहारनपुर राजमार्ग पर राज्य सड़क परिवहन की बस से हुई जिससे कुचल कर छह प्रवासी मजदूरों की मौत हुई थी तथा पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये और अब कुछ संक्षिप्त समाचार उपमुख्यमंत्री व कानपुर के प्रभारी मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल कानपुर के जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से वीडियो काफ्रेंस से बात की और कोरोना संक्रमण की वस्तुस्थिति जानी उन्होंने लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश दिए हैं कुशीनगर में अशोका वेलफेयर बुद्धिस्ट ट्रस्ट के तहत बौद्व भिक्षु लॉकडाउन के दौरान आस पास के लगभग पच्चीस गाँवों में गरीब और असहाय लोगों को भोजन और आवश्यक वस्तुएं मुहैया करा रहे हैं अलीगढ़ जनपद के ब्लॉक अकराबाद में रुतवा नदी के जीणोद्वार का कार्य चल रहा है मनरेगा के अंतर्गत यहां साठ मजदूर कार्यरत हैं पीडी डीआरडीए सचिन कुमार ने संचालित कार्यों का कल निरीक्षण किया औरैया जनपद में संचालित गेंह के सरकारी क्रय केंद्रों पर बिना टोकन के पहुंचने वाले किसानों का भी गेहूँ खरीदा जाएगा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रेखा एस चौहान ने किसानों से नजदीकी गेहूँ खरीद केंद्रों पर अपना गेहूं बेचने का आग्रह किया